श्रीलंका यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में वहाँ के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ मुलाकात की इस दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद संयुक्त खतरा है और इसे खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई की ज़रूरत है राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ बातचीत के बाद श्री मोदी ने टवीट किया कि भारत श्रीलंका के सुरक्षित और समृद्वि भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्वता व्यक्त करता है इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी सेन्ट एन्थोनी चर्च गये जहाँ उन्होंने अप्रैल में ईस्टर के दिन हुए आतंकवादी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस कायराना आतंकी कृत्य से श्रीलंका का हौसला पस्त नहीं हुआ है और भारत उनके साथ एकजुटता से खड़ा है कोलम्बो पहुंचने पर श्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया और वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने उनकी आगवानी की इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल मालदीव में राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद सालेह के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की मालदीव की संसद मजलिस को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए तत्काल एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने पर बल दिया इसके अलावा उन्होंने मानव संसाधन विकास स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार करके लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी बल दिया ताकि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके भारत और मालदीव ने आतंकवाद के विभिन्न रूपों के विरूद्व अपने दृष्टिकोण की फिर से पुष्टि की दोनों देश आपसी सहयोग और अधिक बढ़ाने पर राजी हॅए हैं उन्होंने नागरिकों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबधों को सुदृढ़ करने का फैसला किया

श्री यागी आज लखनऊ स्थित लोकभवन में कृषि विभाग के किसान पाठशाला के चौथे संस्करण द मिलियन फार्मर्स स्कूल का शभारम्भे करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि द मैलियन फॉर्मर्स स्कूल एक अभिनव कार्यक्रम है जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यशालायें संचालित की जा रही हैं श्री योगी ने कहा कि अभी तक संचालित पन्द्रह हज़ार से अधिक कार्यशालाओं के माध्यम से हर संस्करण में दस लाख से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बाइस तक किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प को मुर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है जिससे उत्पादन में नित्य बढ़ोत्तरी हो रही है उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है

उन्होंने कहा कि किसानों को पारदर्शी ढंग से विभिन्न कृषि र्याजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ किसानों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मण्डी अधिनियम में कई संशोधन कर किसानों के लिए बाज़ार को और ज़्यादा व्यापक बनाने का प्रयास किया है तथा मण्डियों में बुनियादी सुविधायें विकसित की गयी हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में इन मण्डियों का प्रबन्धन भी किसानों द्वारा किया जायेगा समारोह को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया

श्री योगी ने कल लखनऊ में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और अभिनव कार्यो पर दिये गये प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों को मुहैया करायी जा रही धनॅराशि को खर्च करने के लिए जेरूरी और पभावी दिशा निर्देश बनाये जायें उन्होंने किसी भी प्रस्तावित योजना के लिए मेरिट की बुनियाद पर ही धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायतों को दी जा रही धनराशि में अनियमितता के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये उन्होंने लम्बित मामलों में चल रही सतर्कता जाँचों को तेज़ी से पूरा करने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के सभी गाँवों में पंचायत सचिवालय हो ताकि गाँव से सम्बन्धित बुनियादी गतिविधियों जैसे आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कामों का प्रभावी निपटारा गाँव स्तर पर ही किया जा सके उन्होंने अधिकारियों को ग्राम विकास के उद्देश्य से तैनात सभी कर्मियों का सही उपयोग किये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि गाँवों में तैनात स्वच्छता कर्मियों से गाँवों की सफाई करवाई जाय और उनकी बायोमैट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की जाये

इस निर्णय से चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा चाहे उनकी जोत का आकार क्ष्छ भी हो पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इस योजना का लाभ किसानों तक पहंचाना सुनिश्चित करें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

श्री नाईक ने आज लखनऊ स्थित राजभवन में आयोजित कलपति सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां समाज के समक्ष आनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को नया आयाम मिल रहा है और इसमें मौलिक बदलाव हुए हैं श्री नाईक ने कहा कि पिछले चार वर्षो में विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र नियमित हो गये हैं लेकिन अब भी विश्वविद्यालयों में सुधार की गुजाइश है उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम रोज़गारपरक हो इस बारे में भी गहन विचार करना चाहिए राज्यपाल ने कुलपतियों का आहवान किया कि वह देश के शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को शामिल कराने के लिए प्रभावी कदम उठायें

नगर विकास विभाग में सचिव संजय कुमार को सहारनपुर का मण्डलायुक्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर तैनात कनक त्रिपाठी को आजमगढ़ का मण्डलायुक्त बनाया गया है मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आदर्श सिंह को बाराबंकी का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है जबकि सी इन्द्रमती सुल्तानपुर चन्द्रविजय सिंह फिरोजाबाद रार्कश कुमार मिश्रा द्वितीय अम्बेडकरनगर नागेन्द्र प्रसाद सिंह आजमगढ़ शेषमणि त्रिपाठी चित्रकूट ँऔर ओमप्रकाश आर्य सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी बनाये गये हैं बाराबंकी के निवर्तमान जिलाधिकारी उदयभानु त्रिपाठी को माध्यमिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है जबकि सुल्तानपुर के जिलाधिकारी देव प्रकाश गिरि अपर आयुक्त आबकारी बनाकर प्रयागराज मेंजे गये हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अन्य अधिकारियों को नयी तैनाती दी गयी है उनमें जगतराज देवप्रकाश गिरि सेल्वा कुमार जे सुरेश कुमार विशाख जी और कुणाल सिल्कू शामिल हैं लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने यह दूसरा प्रशासनिक फेरबदल किया है